टीका लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं

और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद भी सुरक्षित दूरी बनाए रखें बाईट टीका लगते ही आप असवाधानी बरतने लगें मॉस्क निकालकर रख दे दो गज की दूरी भूल जाएं ये सब मत करिएगा मैं प्रार्थना करता हूं मत करिए और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है श्री मोदी ने कहा कि टीके की दो खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग एक महीने का अंतर होना चाहिए टीके की दूसरी खुराक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी

एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐसी गलती मत करना और जैसा एक्सपर्टस कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग एक महीने का अंतराल भी रखा जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान अति मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है दुनिया के सबसे बड़े इस कार्यक्रम का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है

जो हमारे डाक्टर्स हैं नर्सिस हैं अस्पताल में सफाई कर्मी हैं मेडिकल पेरामैडिकल स्टॉफ हैं वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और संक्रमण के जोखिम की आशंका वाले अन्य कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक भी हो गए उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा उसकी दुनियाभर में प्रशंसा हुई है अभियान के पहले दिन एक लाख इक्यानवे हजार से अधिक लोगों को टीके लगाये गये स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था वहीं भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन बारह राज्यों को भेजा गया था सरकार के अनुसार टीकाकरण अभियान के शुरू होने से देश में कोरोना महामारी समाप्त होने की संभावना है मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सीके दास ने कोरोना का टीका लगने के बाद कहा कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई

उन्होंने कहा कि कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है

कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो ट्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिसपर रिसर्च हुई हैं जिसपर सेफ्टी ट्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं प्रदेश के सभी अड़तीस जिलों के तीन सौ एक केन्द्रों पर कोविड टीकाकरण के पहले दिन अठारह हजार एक सौ बाईस स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए गए राज्य में पहला टीका पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सफाईकर्मी राम बाबू को दिया गया अभी तक किसी भी व्यक्ति पर टीके का दुष्प्रभाव होने की खबर नहीं है इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश की तरह बिहार में भी कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की पूरी तैयारी है वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सप्ताह में चार दिन सोमवार मंगलवार गुरूवार और शनिवार को टीके लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए को विन एप्लीकेशन की मदद ली जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मार्च के अंत तक दो से तीन और कम्पनियों की वैक्सीन आ जायेगी वैक्सीन की उपलब्धता और केन्द्र सरकार के निर्देश प्राप्त होने पर आम लोगों के लिए टीके उपलब्ध होंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ अट्ठाईस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरपन हजार एक सौ छियासी हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार आठ सौ अठासी है वहीं इसी अवधि में दो सौ उनतालीस नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर दो लाख अंठावन हजार पांच सौ अट्ठाईस हो गया है राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ तिरपन हो गई है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 उत्तर पश्चिम की दिशा से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट हो रही है पटना के साथ सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से चार से सात डिग्री नीचे है मौसम विभाग ने कहा है कि बीस जनवरी तक राज्य के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जबकि पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव आठ डिग्री रहा इधर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण पूरे प्रदेश भर में कोहरे में वृद्धि हुई है कोहरे का असर रेल सड़क और हवाई सेवाओं पर पड़ा है पंचायती राज विभाग ने राज्य में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है इससे पहले मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में ईवीएम से चुनाव कराने को सैद्धांतिक सहमति दी गयी थी इसके साथ ही राज्य में पहली बार ईवीएम से पंचायत का आम चुनाव कराया जाना तय हो गया है अभी तक प्रदेश में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से ही होते रहे हैं गौरतलब है कि इस वर्ष मार्च से मई महीने के बीच पंचायत चुनाव होना है डाक विभाग ने पोस्टइंफो नाम का एक मोबाईल एप शुरू किया है इस एप के जरिये ग्राहक अब कभी भी और कहीं भी डाक विभाग की डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं पटना जीपीओ के चीफ पोस्ट मास्टर राम बिहारी राम ने बताया कि इस एप के जरिये स्पीड पोस्ट निबंधित पत्र रजिस्टर्ड पॉकेट रजिस्टर्ड पार्सल और इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को ट्रैक किया जा सकता है साथ ही इस एप से पोस्ट ऑफिस सर्च पोस्टेज कैलकुलेटर बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर और इंटरेस्ट कैलकुलेटर की भी सुविधा ले सकते हैं प्रदेश के किसानों की खेती बाड़ी से संबंधित सामान्य और गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान किया जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रभारी कुलपति डॉक्टर आर के सुहाने ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारी और वैज्ञानिकों की टीम किसानों के घर जाकर उनकी खेती की समस्याओं की जानकारी लेंगे उन्होंने कहा की राज्य सरकार के सहयोग से भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में ऑर्सेनिक मुक्त फसल लगायी जायेगी इसके लिए इस विश्वविद्यालय ने शोध में ऑर्सेनिक कम करने वाले नये जीवाणु की खोज की है इसके साथ ही बगैर मिट्टी के सब्जी और चारा उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक विधि का भी विस्तार किया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्ष समिति ने इंटर की वार्षिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एडमिट कार्ड समिति की वेबसाईट पर इकतीस जनवरी तक अपलोड रहेगा इसके आधार पर विद्यार्थी एक फरवरी से तेईस फरवरी तक आयोजित इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे

इस परीक्षा में इंटर और मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने से वंचित छात्र भाग लेंगे प्रदेश के सभी जिलों के थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाया जायेगा इन थानों में आने वाली महिलाओं की मदद करने प्राथमिकी दर्ज कराने और संबंधित कानून के बारे में जानकारी देने के अलावा उन्हें अन्य सम्भावित मदद दी जायेगी पुलिस मुख्यालय की ओर से एडीजी कमजोर वर्ग ने सभी जिलों को पत्र भेज कर निर्देश जारी कर दिये हैं सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के पंचपटियां गांव के पास से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्तौल और एक देशी कट्टा बरामद किया गया जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में देसी शराब जब्त किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है कोरोना टीकारण महाअभियान का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री बोले निर्णायक जीत हासिल करेंगे अखबार लिखता है देश में एक लाख चौरानवे हजार लोगों को पहले दिन टीका लगाया गया दैनिक जागरण की सुर्खी है योद्वाओं को टीके की संजीवनी प्रभात खबर की सुर्खी है बिहार में पहले दिन अठारह हजार एक सौ बाईस लोगों को लगा टीका कोई साईड इफेक्ट नहीं दैनिक भास्कर लिखता है पंचायती राज विभाग ने जतायी सहमति अबकी बार ईवीएम से ही राज्य में पंचायत चुनाव अखबार लिखता है मार्च से मई के बीच होने हैं पंचायत चुनाव आज अखबार ने किसान आंदोलन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है छब्बीस को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान

टीका लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं

और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में